राज्यसभा ने कल इसकी मंजूरी दी लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है अब आधार के द्रूपयोग पर एक करोड रूपये का जुर्माना देना पडेगा इसके साथ ही तीन साल की सजा भी हो सकती है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बहुत जल्द संसद में डेटा संरक्षण विधेयक भी पेश करेगी

कल राज्यसभा ने इसे पारित किया लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पास कर चुकी है इसमें भारतीय दंत चिकित्सक परिषद को और प्रभावशाली बनाने तथा परिषद की सदस्यता तथा राज्य परिषदों से संबंधित धाराओं को बदलने का भी प्रावधान है कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दल को नियंत्रित करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जालौर के कुछ स्थानों पर जहां वाहन नहीं पहुंच पा रहे वहां कीटनाषक के हवाई छिड़काव के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ली जा रही है राज्य विधानसभा में कल भाजपा नेता राजेंद्र राठौड तथा नारायण देवल ने टिड्डी दल के हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आठ जिलों में टिड्डी दल का फैलाव बढता जा रहा है और किसान चिंतित हैं इस पर हस्तक्षेप करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि टिड्डी दल के आने का पता चलते ही कीटनाषक का छिड़काव करने के लिए आस पास के जिलों से अतिरिक्त कर्मचारियों और वाहनों की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है प्रदेश में अब लोकायुक्त का कार्यकाल आठ की बजाय पांच साल का होगा कल विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच राज्य सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को घटाने से संबंधित ये विधेयक सदन में पारित करा लिया

कल उसे न्यायालय में पेश किया गया था जयपुर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कोई भी अधिवक्ता जीवाणु की पैरवी नहीं करेगा इधर द्वष्कर्म का ये मुद्दा कल विधानसभा में भी उठा शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक अषोक लाहौटी ने शास्त्रीनगर में एक और दो जुलाई को भीड़ द्वारा मचाये गये उपद्रव का मुददा उठाया और आरोप लगाया कि जयपुर के कई इलाकों में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया इस पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि उपद्रव तथा पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जायेगा

प्रदेशभर में ग्रामीण क्षेत्र में गैर आबादी भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन के लिए लंबित मामलों का नियमों के तहत आने वाले तीन माह में फैसला कर लिया जाएगा राजस्व राज्य मंत्री हरीश चौधरी ने विधानसभा में कल भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख के प्रष्न का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कई गांवों में वंचित और गरीब परिवार गैर आबादी भूमि पर वर्षो से बसे हुए हैं और सरकार के पास ऐसी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के प्रकरण विचाराधीन हैं बाडमेर जिले के जसोल हादसे की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जोधप्र के संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी ने बताया कि ये रिपोर्ट अगले दो दिन में राज्य सरकार को भेज दी जायेगी

सवाईमाधोपुर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा है कि जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में खनन विभाग और वन विभाग की टीमें पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी उन्होंने जिले में अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगाये जाने की बात कही

राज्य में अनारक्षित रेल टिकट खरीदने के लिए अब किसी तरह की परेषानी का सामना नहीं करना पडेगा उत्तर पृष्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि यात्री यूटीएस एप के जरिए अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं

श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही स्टेषनों पर क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध होगी जिससे यात्रियों को इस ऐप के प्रयोग करने में और सुविधा हो जायेगी उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट स्टेशन परिसर में ही बुक किए जा सकेंगे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जायेगा इसमें भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा मैनचेस्टर में यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद तीन बजे से शुरू होगा

प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है

इसके अलावा चित्तौड़गढ भीलवाडा सीकर कोटा च्रू करौली और टोंक जिलों में कई जगह बरसात होने की खबर है